मंडला में एक सड़क हादसे में जनपद सीओ सहित चार लोगों की मौत

मौसम विभाग ने किया अलर्ट आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना कल देश भर में शुरू हो रही है

आयुष्मान भारत को लेकर आज उडीसा के तालचेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना देश में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये हर संभव प्रयास कर रही है प्रदेश में आयुष्मान मध्यप्रदेश निरामयम योजना शुरू की जाएगी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यस्तरीय समारोह का शुभारंभ राज्य विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम में करेगे सड़क हादसा मंडला जिले में आज एक भीषण सडक हादसे में जनपद पंचायत बिछिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहल संकटे समेत चार लोगों की मौत हो गयी जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल होगए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया हादसा उस वक्त हुआ तब आमने सामने से आ रही दो कारें आपस में टकरा गयी एक अन्य सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गयी यह घटना जबलपुर शहर के आधारताल अंतर्गत करौदा बायपास में हई मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की ग्णवत्ता के आधार पर संबंधित फसल के लिए उचित मात्रा में पोषक तत्वों के बारे में किसानों को जागरूक करना है इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि किसान कम लागत पर उच्च पैदावार हासिल कर सकें कृषि वैज्ञानिक पीएन त्रिपाठी ने बताया कि कार्ड में दर्ज जानकारी के आधार पर किसानो को मिट्टी के उपचार के बारे में बताया जाता है जिससे उन्हें फायदा होता है

इस योजना में मिट्टी के नमूने का परीक्षण देश भर में विभिन्न मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में किया जाता है उसके बाद विशेषज्ञ मिट्टी की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण कर उससे निपटने के उपाय बताते हैं

पेट्रोल डीजल और गैस के दाम आसमान पर है मानव अधिकार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने हमीदिया अस्पताल में गले के कैंसर से ग्रसित एक वृद्व महिला का संविदा पर नियुक्त डाक्टर द्वारा कथित रूप से मानवीय सर्जिकल ट्रायल किये जाने के मामले में संज्ञान लिया है आयोग के प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग और संभाग आयुक्त भोपाल से सात दिन में प्रतिवेदन मांगा है

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं व्यापमं सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने मध्यप्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले में केन्द्रीय जांच ब्यूरों की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाये है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा भोपाल की एक विशेष अदालत में दायर परिवाद की सुनवाई के बाद कपिल सिब्बल ने मीडिया से चर्चा करते हुए यह दावा किया उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई एसटीएफ और विशेष जांच दल मुख्यमंत्री को बचा रहे है

इसमें मुख्यमंत्री के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मिनिस्टर एक दो और तीन का भी जिक है

इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने कल महाकृंभ की तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने बताया कि प्रदेशभर से कार्यकर्ता इस आयोजन में भाग लेंगे मद्य निषेध गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश में दो से आठ अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन किया जाएगा इस दौरान जिले से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक जागरूकता कार्यकम आयोजित होंगे संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण ने बताया कि दो अक्टूबर से आयोजित मद्य निषेध सप्ताह में नशीले पदार्थो और द्रव्यों के दृष्परिणामों से छात्र छात्राओं एवं समाज को अवगत कराया जाता है सप्ताह में शासन के शिक्षा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण महिला बाल विकास परिवहन पुलिस खेल एवं युवक कल्याण स्कूल एवं उच्च शिक्षा सहित स्थानीय संस्थाओं द्वारा जनजागृति के कार्यक्रम आयोजित किये जाते है

श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी एप और माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है मौसम प्रदेश में मौसम एक बार फिर मेहरबान है कल रात से खंडवा इंदौर बैतूल और पंचमढी में झमाझम बारिश से शहर तर बतर हो गए

मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार ग्वालियर और चंबल संभाग सहित अनेक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है तेज बारिश के चलते खंडवा में जहां निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गयी वहीं जिले के अधिकांश नदी नाले उफान पर है इंदौर में खजराना आजाद नगर पंढरीनाथ जूनी इंदौर सहित कई इलाकों में पानी भर गया है राजधानी भोपाल में कम रात से बारिश का दौर जारी है

इसका समापन अनंत चतुर्दशी को होगा